राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है

हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस का ठहराव आज से कोडरमा में भी होगा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

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हुए हैं कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की बैठक में मंत्रियों ने दोहराया कि कृषि सुधार कानूनों से देश के किसानों को बहुत अधिक लाभ होगा यह बातचीत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई और इस दौरान कृषि कानूनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्व है और कृषि का विकास सदैव भारत सरकार की प्राथमिकता है चर्चा के दौरान उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों केमुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके बैठक के दौरान सरकार की ओर से किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को कृषि सुधार कानूनो से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने और साझा करने का सुझाव दिया गया जिन पर बृहस्पतिवार को होने वाली चौथे दौर की बातचीत में विचार किया जा सके बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों से आंदोलन रोकने और बातचीत करने की अपील की

इसके साथ ही राज्य में सरकारी नौकरी करने के लिए भी तम्बाकू का सेवन न करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल कार्डिनेशन कमिटी की कल हई बैठक में ये निर्णय लिये गए बैठक में कहा गया कि तम्बाक उत्पाद बेचने का लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे इन दुकानदारों को बिस्किट चाय या खाने पीने के अन्य उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं होगी जानकारी हो कि लाइसेंस लेने का प्रावधान पहले से लागू था लेकिन अबतक सिर्फ डेढ़ सौ लोगों ने ही लाइसेंस लिया है बैठक में मुख्यसचिव ने कहा कि सरकारी परिसरों को पुरी तरह से तम्बाक मुक्त रखा जाय प्रोजेक्ट भवन नेपाल हाउस पुलिस मुख्यालय सहित जिला प्रखंड के सरकारी कार्यालयों को तम्बाक मुक्त घोषित करने से संबंधित बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया

राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ इक्यासी नए संक्रमित मिले इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कल संख्या बढकर एक लाख नौ हजार तीन सौ बत्तीस पहंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ सतोईस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई इसी के साथ कोरोना से स्वस्थ होनेवालों की कल संख्या बढकर एक लाख छह हजार तीन सौ अंठानवे पहुंच गई है झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानबे दशमलव इकतीस प्रतिशत पहुंच गई है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर एक हजार नौ सौ पैंसठ रह गई है पिछले चौबीस घंटों में कोरोना की वजह से पांच लोगों की मौत हई है राज्य में अबतक कोविड से मरने वालों की संख्या नौ सौ उनहत्तर हो गई है रांची में एक सौ इक्यासी नए मरीज मिले हैं वहीं पूर्वी सिंहभूम में अठारह पश्चिमी सिंहभूम में चौदह पलामू में आठ बोकारो और धनबाद में सात सात चतरा हजारीबाग और सिमडेगा में पांच पांच दुमका में चार रामगढ़ देवघर गढ़वा और जामताड़ा में तीन तीन गुमला और सरायकेला में दो दो कोडरमा गोड्डा गिरिडीह में एक एक मरीज मिले हैं

घर जाने से पूर्व उन्हें होम क्वॉरेटाइन कोरोना संबंधित किसी प्रकार के लक्षण दिखने पर जिला नियंत्रण कक्ष सदर अस्पताल कंट्रोल रूम अथवा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करने के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई वहीं दूसरी ओर जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह ने समीक्षा बैठक की बैठक के दौरान सबसे पहले उपायुक्त ने सिविल सर्जन रामगढ़ डॉक्टर नीलम चौधरी से जिले के अलग अलग प्रखंडों में अब तक हई कोरोना जांच की संख्या की जानकारी ली उपायुक्त ने कहा कि रामगढ़ जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए यह सबसे जरूरी है कि सभी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर लोगों की कोरोना जांच की जाए जामताड़ा सदर अस्पताल में कल कोरोना पॉजिटिव एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया है नवजात शिश कोरोना जांच में नेगेटिव पाई गई है

फिर उसे सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया

डॉक्टर झा ने बताया कि वर्तमान में संक्रमित महिला और बच्ची को चिकित्सीय निगरानी में अलग अलग रखा गया है देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मरीजों को रोकने में सफलता प्राप्त की है

देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से करीब बीस गुणा ज्यादा है

अब नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है पुरी से नई दिल्ली जाने वाली पुरूषोतम एक्सप्रेस अब गोमो और बोकारो स्टेशन पर ही रूकेगी इसके साथ ही हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली पुर्वा एक्सप्रेस भी आज से कोडरमा में रूकेगी कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार के निर्देश पर रेलवे ने चार जून से ट्रेनों का ठहराव इन स्टेशनों पर हटा दिया था लॉकडाउन की वजह से बन्द की गई कई ट्रेनें फिर से शुरू करने के लिए पैसेंजर एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने मांग की है इसके मद्देनजर रेलवे ने हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में एक दिन चलाने की मंजूरी दी है इस ट्रेन के चालू होने से तमिलनाडु के वेल्लोर में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा होगी रांची रेल डिविजन ने हटिया पुणे गरीब रथ स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस तथा रांची लोहरदगा टोरी ट्रेन को भी चलाने का प्रस्ताव दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय भेजा है रेलवे के सीपीआरओ नीरज क्मार ने कहा कि ट्रेन चलाने को लेकर तैयारी पूरी हो गई है राज्य के पांच छोटे शहरों में अवागमन की सुविधा के लिए बाईपास सड़कें बनायी जाएंगी जिन शहरों में बाईपास सड़कें बनेंगी उनमें गिरिडीह लोहरदगा खूंटी चाईबासा और चक्रधरपुर शामिल हैं पथ निर्माण सचिव ने संबंधित शहरों में बाईपास निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का निर्देश दिया डीपीआर और डिजाइन को स्वीकृति के लिए बीस दिसंबर तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजने को कहा गया है लोहरदगा बाईपास का प्लान पंद्रह दिसंबर को भेजने का निर्देश दिया गया है रांची के उपायुक्त ने निजी स्कूलों में बीपीएल कोटे से नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया है उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल हई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूलों में नामांकन आवासीय विद्यालयों के मामलों और मिडडे मील की समीक्षा की गई उपायुक्त ने कहा कि जिला शिक्षा अधीक्षक जल्द ही हेल्प डेस्क बनाये ताकि अभिभावकों को निजी स्कूलों में नामांकन कराने में परेशानी न हो

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल बेहतर प्रदर्शन करने वाले आठ विद्यार्थियों को लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र देकर प्रस्कृत करेंगे

एक विद्यार्थी का चयन बीआईटी सिंदरी में हुआ है खूंटी के सदर अस्पताल परिसर में कल विश्व एड्स दिवस के मौके पर सदर अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों ने मोमबत्ती जलाकर एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया वहीं दूसरी ओर तेजस्विनी योजना से जुड़ी किशोरी समूह ने एडस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गली मोहल्लों में जागरुकता अभियान चलाया

पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है सिंदुरी बेड़ा जंगल में सुरक्षा बलों के जवान सर्च अभियान चला रहे थे इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई सुरक्षा बलों ने दो संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है पिस्टल गोली सहित कई हथियार बरामद किये जाने की सूचना हैं रामगढ़ जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह ने उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा और अपर समाहर्ता जुगनू मिंज के साथ रामगढ़ जिला अंतर्गत राजस्व विभाग से संबंधित कार्यो की समीक्षा की बैठक के दौरान उपायुक्त ने अंचलवार जमीन संबंधित कर म्यूटेशन अतिक्रमण आदि संबंधित मामलों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा में निश्चित रूप से म्यूटेशन संबंधित सभी आवेदनों का निष्पादन करें